स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बड़े तोमनार के ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने आज कांकेर कोंडागांव और बस्तर जिले का दौरा किया करोड़ों रूपये के निर्माण कार्यों की दी सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित कार्यकारिणी में ग्यारह उपाध्यक्ष और बाईस महासचिव बनाए गए

दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जुटाना और स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है ताकि बापू के स्वच्छ भारत का स्वप्न प्रा किया जा सके इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान देने का आव्हान किया आज मैं सवा सौ करोड़ देशवासी स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं आज से लेकर दो अक्टूबर यानी पूज्य बापू की जयंती तक देशभर में हम सभी नई ऊर्जा के साथ नए जोश के साथ अपने देश को अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगे अपना योगदान देंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों स्कूली बच्चों दुग्ध और कृषि सहकारी समितियों सद्गुरू जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर माता अमृतानंदमयी पटनासाहेब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह अजमेर दरगाह के ज़रार चिश्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन उद्योगपति रतन टाटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वच्छाग्रहियों तथा लोगों से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता को आदत बनाने की जरूरत है

लगभग साढ़े चार लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे

ये भारत भारतवासियों की आप सब स्वच्छाग्रहियों की ताकत हैं श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश में डायरिया के रोगियों की संख्या काफी कम हो गयी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा उन्होंने कहा कि सरकार कचरे से आमदनी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए गंभीरता से उपाय कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सवा सौ करोड़ भारतीयों के इस स्वच्छता अभियान को पूरा विश्व उत्सुकता से देश रहा है उन्होंने कहा कि जनसहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सका है हमें देश के हर कोने में सफाई का यह स्वभाव हर महीने हर वर्ष मनाते रहना होगा चार वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ स्वच्छता का आन्दोलन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है

स्वच्छता ही सेवा छत्तीसगढ़ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बड़े तोमनार के ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा गांव की जागृति कश्यप ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत श्रमदान कर गांव की साफ सफाई करेंगे

प्रधानमंत्री ने जागृति कश्यप द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की

विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कांकेर कोंडागांव और बस्तर जिले का दौरा किया इस दौरान उन्होंने भानुप्रतापपुर में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रेल कनेक्टिविटी भानुप्रतापपुर क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी अभी भानुप्रतापपुर तक रेल परिचालन शुरू हुआ है वह दिन दूर नहीं जब भानुप्रतापपुर से रावघाट और जगदलपुर तक रेल चलेगी मुख्यमंत्री ने भानुप्रतापपुर में लगभग अड़सठ करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कायों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया उन्होंने दो लाख से अधिक हितग्राहियों को एक सौ एक करोड़ रुपए की सामग्री और सहायता राशि का वितरण किया साथ ही जिले के एक लाख से अधिक तेन्द्रपत्ता संग्राहकों को निन्यानवे करोड़ रूपए का बोनस भी वितरित किया गया मुख्यमंत्री आज कोण्डागांव जिले के ग्राम माकड़ी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस दौरान उन्होंने जिले की जनता को लगभग एक सौ चवालीस करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी इसके बाद मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के ग्राम तारापुर में आयोजित आमसभा को संबोधित किया यहां उन्होंने करीब एक सौ छह करोड़ रूपये के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अटल विकास यात्रा के तहत आगामी बीस सितंबर तक प्रदेश के पंद्रह जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे

इस कार्यकारिणी में ग्यारह उपाध्यक्ष बाईस महासचिव बत्तीस संयुक्त महासचिव दस सचिव और छियालीस संयुक्त सचिव बनाए गए हैं इसके अलावा एक सौ चौंतीस नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जबकि स्थायी आमंत्रित कमेटी में अट्ठारह नेताओं को जगह दी गई है इसी तरह गिरीश दुबे को रायपुर मोहन लालवानी को धमतरी कृष्णा दुबे को बालोद अवनीश राघव को बेमेतरा और रश्मि बघेल को जांजगीर चांपा जिले का अध्यक्ष बनाया गया है विस चुनाव राजनीतिक दल बैठक प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आदर्श आचार संहिता के संबंध में उन्हें विस्तारपूर्वक जानकारी दी बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी आदर्श आचार संहिता के तीन पहलू है पहला यह कि संहिता सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर और दूसरा सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों और मंत्रियों पर लागू होगी तीसरा निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे जनता के अभिमत को निष्पक्ष और अप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक हो माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले के किरंद्रल थाना क्षेत्र के चोलनार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था पकड़ा गया यह माओवादी मलागीर दलम के डीकेएमएस सदस्य के रूप में कई वर्षो से माओवादी संगठन में सक्रिय था और उस पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है

देश के महान इंजीनियर भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगृण्डम विश्वेश्वरैया की जयंती पंद्रह सितंबर को हर साल अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है अभियंता दिवस पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अभियंताओं को बधाई और शभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर विश्वश्वरैया आधुनिक भारत के नवनिर्माण के लिए कुशल शिल्पकार थे जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायप्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे